मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रितों को एक एक लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए

मौसम विभाग ने कहा कृषि के लिए अच्छी रही बारिश और बर्फबारी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में जन्मे युवा देश में निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिलेगा आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आम चुनावों को देखते हुए युवाओं से मतदाता के रुप में अपने नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने रेडियो को देश के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया

अंतरिक्ष प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में हाल में एक अंतरिक्ष यान से एक सौ चार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही चंद्रयान द्वितीय मिशन के तहत चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा उन्होंने कहा कि मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देशभर के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किया है

कार्यक्रम के बाद श्री पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से सुद्र क्षेत्रों तक के लोग उन्हें सुन सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे विलुप्ति की कगार पर पहच गए रेडियो को पुनर्जीवन मिला है और करोड़ों देशवासियों तक प्रधानमंत्री के मन की बात पहंचती है मन की बात कार्यक्रम में आज यूवाओं को अधिकाधिक मतदान करने के लिए कहा गया इसके अलावा हाल में ही सम्पन्न हए खेलो इण्डिया में अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले विभिन्न पदक विजेताओं के नाम भी लिए गये प्रकाश पंत ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है वहीं स्कूली बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति जैसे विषयों के बारे में भी बताता है

इसके साथ ही उन्होंने गरुड़ तहसील में हंस जलधारा परियोजना का शुभारंभ किया

गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से हल्द्वानी भेजा गया है ये सभी जिले के बाराकोट विकास खंड के मिरतोली गांव से शवदाह के लिए यात्री वाहन से रामेश्वर घाट जा रहे थे इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर करीब आठ सौ मीटर गहरी खाई में गिर गया चालक समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोगों ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया हादसे में घायल लोगों को चंपावत और लोहाघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एयर एंबलेंस से हायर सेंटर भेजा गया है वाहन खाई में गिरने की सूचना पर पुलिस पीएसी और आईटीबीपी के जवानों ने राहत अभियान चलाया इस दौरान एक कार्यक्रम के लिए आए सांसद अजय टम्टा और विधायक प्रन फर्तयाल ने घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहंचे राहत बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने घायलों के ईलाज के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिये हैं साथ ही मृतक आश्रितों को एक एक लाख रुपये और गम्भीर घायलों को पचास पचास हजार रुपये जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये हैं मौसम उत्तराखंड में आज भी बादल छाए रहे राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी रुद्वप्रयाग चमोली और पिथौरागढ़ में बादलों ने सुबह से ही डेरा डाले रखा जिससे तापमान में गिरावट रही मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक सोमवार को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं निचले गढ़वाल क्षेत्र को छोड़कर हल्की बारिश और बर्फ पड़ने की भी संभावना है साथ ही राज्य के मैदानी क्षेत्रों विशेषतौर पर हरिद्वार और उधमसिंहनगर में कोहरा छा सकता है

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा कि लगातार बारिश और बर्फबारी होने से कृषि के लिए ये मौसम अच्छा रहा है उत्तराखंड में अधिकांश खेती बारिश पर ही निर्भर करती है श्री सिंह ने कहा कि अब तक इस महीने में बारिश और बर्फबारी सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की जा चुकी है

लेकिन उसके बाद तापमान में गिरावट और बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो होगी मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि बर्फबारी के लिहाज से अभी फरवरी का पुरा महीना बचा हुआ है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो की तुलना में इस वर्ष बर्फबारी सामान्य से अधिक हुई है समुद्रतल से पंद्रह सौ मीटर की उंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ गिरी है आमतौर पर उत्तराखंड में समुद्रतल से दो हजार मीटर की ऊंचाईवाले इलाकों में बर्फ गिरती है

केदारनाथ में दस फीट तक बर्फ जम गई है मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक मानसून के बाद तापमान सामान्य या सामान्य से कम होने की वजह से ऐसा हुआ है सरस मेला नैनीताल के हल्द्वानी में इन दिनों सरस मेला चल रहा है मेले में स्थानीय उत्पादों के साथ महिला समूहों द्वारा बनाए हए एल ई डी बल्ब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं कोटाबाग के महिला समूह ने इन एलईडी बल्बों को तैयार किया है जो बाजार की अपेक्षा सस्ते भी हैं इसके साथ ही एलईडी लालटेन और ट्यूबलाइट भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से सरकार ने एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया है साथ ही उनके उत्पादों को बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है